इस चरण में दस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी संसदीय क्षेत्रों में मतदान होगा इनमें आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश मेघालय मिजोरम नगालैंड सिक्किम अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप तेलंगाना और उत्तराखंड शामिल हैं पहले चरण में ही असम बिहार छत्तीसगढ़ जम्मू कश्मीर महाराष्ट्र मणिपुर ओडिसा त्रिपुरा उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ निर्वाचन क्षेत्रो में वोट डाले जायेंगे

जबलप्र से हमारे संवाददाता सुरभि तिवारी ने बताया है कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और जबलपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राकेश सिंह ने कल अपना नामांकन दाखिल किया इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव दमोह सांसद पृहलाद पटेल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे कांग्रेस ने नामांकन दाखिल करने के दौरान रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में तय संख्या से अधिक लोगों की मौजूदगी की शिकायत चुनाव आयोग से की थी जिसके बाद आयोग ने भाजपा प्रत्याशी को कारण बताओं नोटिस जारी किया है

इस मामले में ओमती नगर क्षेत्र के टीआई को निलंबित कर दिया गया है जबलपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विवेक तन्खा आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे उधर सीधी संसदीय क्षेत्र की भाजपा प्रत्याशी रीति पाठक ने कल अपना नामांकन दाखिल किया इस दौरान केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और पूर्व मंत्री राजेन्द्र शुक्ल भी मौजूद थे

यह प्रतिबंध इलेक्ट्रौ निक प्रिन्ट तथा अन्य सभी प्रकार मीडिया पर लागू होगा

इस दौरान लोकसभा के अलावा आंध्रप्रदेश अरूणाचल प्रदेश ओडिसा और सिक्किम विधान सभा के चुनाव होंगे

इसमें गोविन्द नामदेव बॉलीवुड गायिका पलक मुछाल और मिस एशिया पेसिफिक देशना जैन है श्री नामदेव सागर जिले के निवासी हैं

वहीं इन्दौर जिले की रहने वाली सुश्री मुछाल बॉलीवुड की गायक कलाकार हैं इनके द्वारा सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाता है

सुश्री जैन टीकमगढ़ जिले की निवासी हैं

सीबीडीटी के एक बयान में बताया गया है कि बड़े पैमाने पर नकदी के संचय तथा बेनामी संपत्ति के लेन देन के बारे में मिली विश्वसनीय सूचना के आधार पर दिल्ली के आयकर निदेशालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भोपाल इंदौर और गोआ में एक समूह पर छापे मारे

सीबीडीटी ने बताया कि चुनाव की आदर्श आचार संहिता के मामलों की निर्वाचन आयोग को जानकारी दी जा रही है पल्सपोलिया राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का आज अंतिम दिन है

अभियान के तहत आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक पिला रही हैं इस बार अभियान में विशेष तौर पर मोबाईल टीमों का गठन किया गया है जिनके द्वारा निर्माणाधीन इमारतों ईंट भट्टो केशर जैसे इकाइयों मे कार्यरत मजदूरों के बच्चों और घुमन्तु समुदाय के बच्चों को दवा पिलाई जा रही है होम्योपैथी दिवस विश्व होम्योपैथी दिवस पर आज दो दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जायेगा होम्योपैथी दिवस इस चिकित्सा पद्धति के जनक क्रिश्चियन फ्रैडरिक सैमुअल हानमन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार इस अवसर पर होम्योपैथी से जुड़े लाइफ टाइम अचीवमेंट सर्वश्रेष्ठ शिक्षक यूवा वैज्ञानिक और सर्वोत्तम शोध पत्र के लिये आयुष पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे सम्मेलन के दौरान शिक्षा और चिकित्सा को शोध से जोड़ने स्वास्थ्य के लिये होम्योपैथी वैज्ञानिक लेखन में कौशल विकास और शिक्षण संस्थानों में शोध संबंधी बुनियादी ढांचा मज़बूत करने जैसे व्यापक विषयों पर विचार होगा विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर प्रदेश में भी कई कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं आईपीएल आईपीएल में कल रात मोहाली में किंग्स इलेवन पंजाब ने सनराइजर्स हैदराबाद को छह विकेट से हरा दिया

आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से रात आठ बजे चेन्नई में होगा